कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अब मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से होंगे पार्टी के उम्मीदवार ग्यारह अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र बलों का बार बार अपमान करने पर विपक्ष की आलोचना की है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाएं हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा को निशाना बनाया जो कांग्रेस की ओर से विदेश मामलों को संभालते है खबर है कि श्री पित्रोदा ने कहा था कि मुम्बई आतंकी हमले के बाद भारत हवाई हमले कर सकता था लेकिन हमला इस मुद्दे का समाधान नहीं है श्री मोदी ने कहा है कि ऐसे बयान र्दकर कांग्रेस मान रही है कि वह आतंकी ताकतों का जवाब नहीं देना चाहती देश की जनता पहले से ही इस सच्चाई को जानती है पाकिस्तान के राष्ट्र दिवस पर कांग्रेस की ओर से आयोजन श्रू करने पर प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा की निंदा की क्योंकि इससे देश के सशस्त्र बलों का अपमान हुआ है

भाजपा मुख्यालय में श्री जेटली ने कहा कि पित्रोदा को लगता है कि भारत ने जो किया यो गलत है जबकि किसी अन्य देश ने और यहां तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भी इन हवाई हमले की आलोचना नहीं की इससे पहले सैम पित्रोदा ने बालाकोट हवाई हमले में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठाया था पर बाद में कहा कि वे सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं और देश का नागरिक होने के नाते ये जानकारी मांग रहे है उत्तर प्रदेश में बहजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची में ग्यारह उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं लखनऊ में कल जारी सूची में सतबीर नागर को गौतमबुद्ध नगर से योगेश वर्मा को बुलन्दशहर से अजित बालियान को अलीगढ़ से मनोज कुमार सोनी को आगरा से राजबीर सिंह को फतेहपुर सीकरी से और रुचि वर्मा को आंवला से उम्मीदवार घोषित किया है बहजन समाज पार्टी की ओर से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक पाला बदल कर जनता दल सेक्यूलर से बसपा में शामिल हए क्वर दानिश अली को अमरोहा से टिकट दिया गया है जनता दल सेक्यूलर के महासचिव रहे दानिश अली ने कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ी थी और बसपा में शामिल हो गये थे बसपा ने हाजी फजर्लरहमान को सहारनपर से मलूक नागर को बिजनौर और गिरीश चंद्र को नगीना सीट से टिकट दिया है हाजी मुहम्मद याकूब मेरठ से पार्टी के प्रत्याशी होर्गे इस बीच समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद से घोषित अपने प्रत्याशी को बदल दिया है

पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रमारी जेपी नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे उन्होंने बताया कि पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव मैदान में उतरेंगे केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जनरल वी के सिंह गाजियाबाद से डॉ महेश शर्मा गौतमबुद्ध नगर से और हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ेगी बदायूँ लोकसभा सीट पर प्रदेश के कैंबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की पुत्री संघमित्रा मौर्य को बागपत से सतपाल सिंह मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान सहारनपुर से राघव लखन पाल को पार्टी ने टिकट दिया है वहीं मेरठ से राजेन्द्र अग्रवाल एटा से राजवीर सिंह उर्फ रज्जू भैया उन्नाव से साक्षी महराज बरेली से संतोष कुमार गंगवार और मुरादाबाद से कुॅवर सर्वेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है शाहजहांपुर से अरूण कुमार सागर आगरा से एसपी सिंह बघेल हरदोई से जय प्रकाश रावत मिश्रिख से अशोक रावत फतेहपुर सीकरी से राज कुमार चहर और संभल से परमेश्वर लाल सैनी भाजपा के प्रत्याशी होंगे जाने माने किकेटर गौतम गंभीर कल औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पार्टी मुख्यालय में गौतम गंभीर को भाजपा की सदस्यता दिलायी इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे कांग्रेस पार्टी ने देर रात प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं प्रत्याशियों की घोषित सूची के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद के स्थान पर अब फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे मुरादाबाद से अब इमरान प्रताप गड़हरिया को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे बाल कुंवर पटेल को बांदा संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है इसके अलावा प्रवीण ऐरन बरेली से त्रिलोकीराम दिवाकर हाथरस से प्रीता हरित आगरा से वीरेंद्र क्मार वर्मा हरदोई से और गिरीश चंद्र पासी कौशाम्बी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे

वहीं कैराना लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद हरेन्द्र मलिक तथा सपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद तबस्सूम हसन ने भी नामांकन दाखिल किया

भाजपा की ओर से दो लोगों ने नामांकन पर्वे लिये हैं जिनमें मुगांका सिंह और प्रदीप कुमार के नाम शामिल हैं

कल नामांकन फार्म लेने वालों में बसपा प्रत्याशी दानिश अली भी शामिल हैं

समाजवादी पार्टी और बह्जन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कल अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने पार्टी मुख्यालय पर विभिन्न दलों से आये नेताओं को उनके समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता दिलायी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी चौबीस मार्च को सहारनपुर में जनसभा कर लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे भाजपा के प्रदेश इकाई के महासचिव और पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शाकूमरी देवी के दर्शन के बाद जनसभा करेंगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य स्टार प्रचारक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे पहले दो चरण में राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर मतदान होगा श्री पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री छब्बीस मार्च को मथ्रा में जनसभा के बाद उसी दिन गोरखपुर में भी प्रचार की शुरूआत करेंगे इसके अलावा अन्य बड़े नेताओं का भी मार्च के अंतिम सप्ताह से राज्य में प्रचार करने का कार्यक्रम हो सकता है सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस आयोजन में किसी सरकारी प्रतिनिधि को न भेजने का फैसला किया है सूत्रों के अनुसार यह फैसला यह पता लगने पर किया गया है कि पाकिस्तान ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुलाया है भारत सरकार के रूख को देखते हुए कोई भी अधिकारी इस आयोजन में नहीं जाएगा